यह सम्मेलन सुबह दस बजे शुरू होगा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इसका उदघाटन करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द सम्मेलन में समापन भाषण देंगे सोलहवें प्रवासी भारतीय दिवस का विषय है आत्मनिर्भर भारत के लिए योगदान मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र अपने कांगड़ा जिला के प्रवास पर हैं उन्होंने कल धर्मशाला में कांगड़ा चम्बा संसदीय क्षेत्र के भाजपा पदाधिकारियों से बैठक कर पंचायत चुनावों को लेकर चर्चा की और उनसे फीडबैक ली मुख्यमंत्री ने सभी पार्टी पदाधिकारियों से आग्रह किया है कि पार्टी समर्थित प्रत्याशियों की ऐतिहासिक जीत के लिए जमीनी स्तर पर कार्य करें इस बीच आज दोपहर मुख्यमंत्री का धर्मशाला में पत्रकार वार्ता करने का कार्यक्रम है

चार बजे के बाद कोरोना संक्रमित मतदाता वोट डाल सकेंगे और इसी दिन चुनाव परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे

मतदान के दौरान कोरोना महामारी से बचाव में जारी एसओपी की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी

शहीद कुलदीप सिंह स्वतंत्रता सेनानी के पोते हैं और मीडियम आर्टिलरी रेजिमैंट में तैनात थे उनकी पार्थिव देह आज उनके पैतृक गांव पहुंचने की उम्मीद है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक ट्वीट में शहीद कुलदीप सिंह की शहादत में शोक प्रकट किया है उन्होंने कहा है कि हिमाचल के इस वीर जवान की शहादत पर गर्व है प्रदेश में कोरोना मामलों में कमी दर्ज की गई है

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकतर समाचार पत्रों ने एनपीएस कर्मियों को ग्रेच्यूटी मिलने की खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है हिमाचल के हजारों एनपीएस कर्मियों को मिलेगी ग्रेज्यूटी

बर्ड फ्लू से जुड़ी खबर पर आपका फैसला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है बर्ड फ्लू को लेकर सरकार पूरी तरह से सतर्क प्रोटोकॉल के साथ दफनाए जा रहे पक्षी दिव्य हिमाचल के अनुसार सीएम ने की बर्ड फ्लू से निपटने की समीक्षा पंजाब केसरी के शब्द हैं मृत कौवों को बर्ड फ्लू की पुष्टि खतरा बढ़ा अमर उजाला का शीर्षक है अब कौवों में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि मचा हडकंप धर्मशाला पहुंचे सीएम

कोरोना काल में कोचिंग सेंटर में आलू प्याज की तरह दूंसे छात्र शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है शिमला के एक संस्थान में कोविड नियमों की अवहेलना का वीडियो वायरल महामारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज

हिमाचल दस्तक ने खबर दी है चार राजस्व कानूनों में बदलाव की सिफारिश पंजाब केसरी लिखता है हाईकोर्ट ने बिना एंन्ट्रैस टैस्ट के दाखिलों को गैरकानूनी ठहराया